मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान करवाया जाएगा

चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है आयोग निवार्चन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अपने उम्मीदवारों और नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान सुरक्षाकर्मियों की तस्वीरों का उपयोग न करने को कहा है

आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल और उनके नेता सशस्त्र बलों का उल्लेख करते हुए पूरी सावधानी बरतें

स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कांगड़ा ज़िले के थुरल से राज्यस्तरीय कार्यक्रम का शुभारम्भ किया

परमार ने कहा कि हालांकि भारत से पोलियो उन्मूलन हो चुका है फिर भी निगरानी के तौर पर केन्द्र सरकार ने अगले कुछ वर्षो तक पोलियो अभियान चलाने का निर्णय लिया है ताकि पोलियो फिर वापिस न आ सके

उन्होंने देश के सुरक्षित व उज्जवल भविष्य के लिए युवा शक्ति के स्वस्थ रहने की ज़रूरत पर बल दिया भारद्वाज ने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की हैं शिविर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने मण्डी में आज मादक द्रव्यों महिला उत्पीड़न और बच्चों पर होने वाले शोषण से संबंधित जागरूकता शिविर का आयोजन किया प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े व कमज़ोर वर्ग के लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए प्राधिकरण हमेशा प्रयासरत है समाज में गिरते मानवीय मूल्यों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी को समाज के विघटन को रोकने के लिए हर संभव उपाय करने चाहिए

मेला समिति के अध्यक्ष व एसडीएम पंकज शर्मा ने बताया कि चारों संध्याओं में लोक गायकों व स्थानीय कलाकारों का चयन ऑडीशन के माध्यम से होगा

इसका उद्देश्य लोगों को आकस्मिक आपदा की स्थिति में जागरूक करना है राजस्व विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा ने लोगों से इस आयोजन में बढ़चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया है कार्यशाला में भूकम्प के दौरान बचाव के लिए किए जाने वाले कार्यों और न किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी जाएगी आग किन्नौर ज़िले में कल्पा के दाखो में बीती रात एक भीषण अग्निकाण्ड में दो मंज़िला मकान जलकर राख हो गया अंधेरे में आग बुझाने के कार्य में दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा कल्पा के एसडीएम सुरेन्द्र ठाकुर ने बताया कि प्रभावित परिवार को फौरी राहत दी गई है और आग लगने के कारणों की छानबीन की जा रही है मौसम प्रदेश के अधिकतर भागों में आज मौसम साफ रहने और धूप खिलने से न्यूनतम व अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि हुई है उधर लाहौल स्पीति ज़िले में पिछले दिनों हुई भारी बर्फबारी से जनजीवन अभी भी सामान्य नहीं हो पाया है घाटी में महीनों से दूर संचार व्यवस्था ठप्प है वहीं सभी मुख्य सड़कें अवरुद्व होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है केलंग से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार बारिंग रावा चौखंग सीस्सू व जिस्पा में स्कूली बच्चों सहित सैंकड़ों लोग लंबे समय से उड़ान के इंतज़ार में है

मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है